इसलिए सभी श्रोताओं से अपील है कि किसी भी तरह की कोताही न बरतें

सुरक्षित रहें और इन आसान उपायों का पालन करें मास्क पहनें दो गज दूरी है जरूरी सुरक्षित दूरी बनाये रखें हाथ और मुंह साफ रखें स्वामित्व योजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्रामीण भारत से कोविड संबंधित सभी प्रोटोकॉल का पालन करने और कोरोना महामारी की दूसरी लहर को हराने का आग्रह किया है

प्रधान मंत्री द्वारा पिछले साल अप्रैल में महाराष्ट्र कर्नाटक हरियाणा उत्तर प्रदेश उत्तराखंड मध्य प्रदेश सहित क्छ राज्यों के गाँवों में पायलट आधार पर स्वामित्व योजना को शुरू किया गया था

प्रधान मंत्री ने इस अवसर पर राष्ट्रीय पंचायत प्रस्कार भी प्रदान किए यह प्रस्कार दीन दयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण प्रस्कार नानाजी देशम्ख गौरव ग्राम सभा प्रस्कार और ग्राम पंचायत विकास योजना प्रस्कार सहित विभिन्न श्रेणियों के तहत दिए गए

स्वास्थ्य मंत्री डॉ प्रभ्राम चौधरी ने बताया है कि अभियान के लिये सभी जिलों में दलों का गठन कर उन्हें प्रशिक्षित किया गया है

केंद्र ऑक्सीजन केन्द्र सरकार ने सभी राज्यों को ऑक्सीजन ले जा रहे वाहनों की पर्याप्त स्रक्षा स्निश्चित करने और परिवहन के लिए विशेष कॉरीडोर का प्रावधान करने के लिए पत्र लिखा है केन्द्र सरकार ने केवल क्छ अनिवार्य सेक्टरों को छोड़कर उदयोगों के लिए ऑक्सीजन की आपूर्ति पर पाबंदी भी लगा दी है उधरभारतीय वाय्सेना ने राज्यों में ऑक्सीजन पहंचाने के बाद खाली टैंकरों को ऑक्सीजन उत्पादन स्थलों तक पहंचाना श्रू कर दिया है ताकि समय बचाया जा सके अतिरिक्त टैंकरों की उपलब्धता स्निश्चित करने के लिए गृह मंत्रालय सिंगाप्र और संयुक्त अरब अमारात से भारतीय वाय्सेना के विमानों के जरिए उच्च क्षमता के टैंकर लाने के लिए जरूरी समन्वय कर रहा है वहींरेल मंत्रालय भी प्रे देश में ऑक्सीजन टैंकर पहंचाने के लिए विशेष रेलगाड़ियां चला रहा है

उन्होंने कहा कि बहृत जल्द प्रतिदिन तीन लाख शीशी रेमडेसिविर इंजेक्शन बनायी जायेगी छिन्दवाड़ा प्रसव छिंदवाड़ा जिले में कोरोना के गंभीर संक्रमण के बाद भी स्त्री रोग विभाग कोरोना वायरस की चपेट में आई गर्भवती महिलाओं और उसके गर्भ में पल रहे नवजात बच्चों की जान बचाने की चुनौती का सामना कर रहा है

उन्होंने न्यायमूर्ति शरद अरविंद बोबडे का स्थान लिया है

मास्क और दो गज की दूरी हाथ धोना भी है जरुरी नमस्कार